सरकार में तीन और मंत्री शामिल हो रहे हैं

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नए मंत्रियों को एक सादे समारोह में शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्य व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे इस समारोह का वैबकास्टिंग के माध्यम से प्रसारण किया जाएगा कोरोना महामारी के चलते समारोह में सीमित लोग शामिल होंगे और इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा समारोह के बाद मुख्यमंत्री और नए मंत्री पत्रकारों को संबोधित करेंगे बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी

ये दिशा निर्देश पहली अगस्त से लागू होंगे राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रात के समय लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा पांच अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा

वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है मौसम प्रदेश में मॉनसून के सकिय होने से राजधानी शिमला सहित अधिकांश इलाकों में रूक रूक कर जोरदार वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई भागों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है

अमर उजाला का शीर्षक है इंतजार खत्म पठानिया सुखराम और राजेंद्र होंगे जयराम सरकार के नए मंत्री पंजाब केसरी के शब्द हैं राकेश पठानिया सुखराम चौधरी व राजेंद्र गर्ग की मंत्रिमंडल में एंटरी दिव्य हिमाचल ने लिखा है राकेश पठानिया सुखराम चौधरी के साथ राजेंद्र गर्ग बनेंगे मंत्री हिमाचल दस्तक की सुर्खी है राकेश पठानिया सुखराम चौधरी और राजेंद्र गर्ग होंगे नए मंत्री

हिमाचल दस्तक और अमर उजाला का लगभग एक जैसा शीर्षक है पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं लगेगा लॉकडाउन आपका फैसला ने लिखा है जिम को खोलने की मिली अनुमति स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद